म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम दुरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करते हए इसकी घोषणा की श्री चौहान ने बताया कि रैड जोन के अंतर्गत इंदौर उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र भोपाल ब्रहानप्र जबलप्र खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर नीमच धार व कृक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे बाकी सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया हैं

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हम काफी हद तक कोरोना को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं

कोविड अपडेट देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख से ज्यादा हो गई है

प्रत्येक एक लाख की आबादी पर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या करीब सात दशमलव एक रही है जबकि विश्व में एक लाख की आबादी पर लगभग साठ लोग संक्रमित हैं

सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मझगवां के हर्दी में एक य्वक कोरोना संक्रमित पाया गया है

म्रैना में कोरोना पीडित गर्भवती महिला के चार और परिजन संक्रमित हो गये है

कल जबलप्र के लिए राहत भरी खबर रही

साथ ही श्रमिकों की स्क्रीनिंग काउंसलिंग कर रूट चार्ट अन्सार बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है इस दौरान मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था भी निश्ल्क की जा रही है पहल बालाघाट जिले में कोरोना महामारी संकट के दौरान आम जन गरीबों पीड़ितों एवं असहायों की मदद के लिए स्वप्रेरणा से आगे आग रहे है और जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये खाद्यान्न बैंक में खाद्य सामग्री का दान कर रहे है ऐसे ही एक दानदाता है शरद सिंह ठाकर जिन्होंने पिता की तेरहवीं का कार्यक्रम न कर खाद्यान्न बैंक में खाद्य सामग्री का दान कर उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे संवाददाता से बातचीत में शरद सिंह ठाकुर ने बताया कि लाकडाउन के कारण भीड़ एकत्र नहीं होने देने के नियम का पालन करना जरूरी था इसलिए उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में खादयान्न बैंक को गरीबों एवं असहायों की मदद के लिए खाद्य सामग्री का दान किया है बिजली बिल वसली कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर की पश्चिम क्षेत्र विदयुत वितरण कंपनी की बिजली बिल वसूली प्रक्रिया प्रभावित हुई है

इसके तहत ग्रामीण और च्निंदा शहरी क्षेत्रों में य्वा दोपहिया वाहनों के माध्यम से घर घर जाकर बिजली बिल की राशि लेंगे इसके लिए निय्क्त य्वा बिजली कंपनी के एप के अन्सार बिल राशि लेकर उपभोक्ताओं को ई रसीद भी देंगे श्री नरवाल ने बताया कि इस योजना से संबंधित क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा